प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बैठक में ज्यादातर राज्यों ने और दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का अनुरोध किया

और नवादा में कोरोना वायरस का नया मरीज मिला

देश के ज्यादातर राज्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह और बढ़ाने का अनुरोध किया सरकारी सूत्रों ने बताया कि केन्द्र सरकार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस अनुरोध पर विचार कर रही है प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज लॉकडाउन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई बैठक में श्री मोदी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा पर ध्यान केनद्रित करना महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि सरकार जान है तो जहान है के मंत्र के साथ काम कर रही थी लेकिन अब जान भी और जहान भी के साथ आगे बढ़ेगी उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारा संघर्ष तब तक मजबूत रहेगा जब तक देश का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभायेगा और सरकार तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का जीवन बचाने पर जोर देना चाहिए और इसके लिए लॉकडाउन तथा परस्पर सुरक्षित दूरी बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र तथा राज्यों के संयुक्त प्रयासों से कोविड उन्नीस का प्रकोप घटाने में मदद मिली है लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है और सतर्कता जरूरी है उन्होंने जोर देकर कहा कि अगले तीन चार सप्ताह वायरस को काबू करने के लिए महत्वपूर्ण हैं इसके लिए संयुक्त रूप से काम करना होगा श्री मोदी ने कहा कि भारत में आवश्यक दवाई की पर्याप्त आपूर्ति है और अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है उन्होंने कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले लोगों को सख्त चेतावनी दी डॉक्टरों और चिकित्सकर्मियों पर हमले और पूर्वोत्तर तथा कश्मीर के छात्रों के साथ बुरे बर्ताव की कड़ी आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए बिहार सरकार ने कहा है कि कोविड उन्नीस की रोकथाम के लिए सिवान बेगूसराय और नवादा जिले के अति संवेदनशील क्षेत्रों की कडी निगरानी की जा रही है इन स्थानों में बड़ी संख्या में लोगों के रक्त के नमूने लिये गये हैं सिवान बेगूसराय और नवादा जिले के संवेदनशील इलाकों की पचास मीटर परिधि के भीतर रहने वाले सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है इन इलाकों के दो हजार से अधिक लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है सीवान में एक ही परिवार के तेईस लोगों में महामारी की प्रष्टि हुई है इधर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सीवान में इकतालीस और नवादा में उनतीस लोगों के सैंपल की जांच निगेटिव आई है बिहार में कोविड उन्नीस संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर इकसठ हो गयी है पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है यह रोगी नवादा जिले का रहने वाला है पिछले पांच दिनों के दौरान राज्य में ग्यारह जिलों से कोविड उन्नीस महामारी के उनतीस मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि बाईस मार्च से अब तक इकसठ सौ से अधिक सैंपल जांचे गये हैं जांच के लिए चार प्रयोगशालाएं कार्यरत है इधर बाईस लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो गये हैं नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना में भर्ती चार मरीजों को कल छुट्टी दी जाजेगी केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक देश में सामुदायिक संक्रमण की पुष्टि नहीं हई है और घबराने की आवश्यकता नहीं है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि हर नागरिक को जागरुक और सतर्क रहने की आवश्यकता है श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की एक करोड़ गोलियों की आवश्यकता है और अभी सवा तीन करोड़ से अधिक गोलियों का भण्डार है बाइट हम लोगों ने जो प्रोजैक्शन किया उसके हिसाब से जिनको हमें यह पर्टिक्लर दवाई देनी है वह हैं हैल्थ वर्कर्स जो कि कोविड पेशेन्ट्स से डील कर रहे हैं जो आईसीयू केसेज से डील कर रहे हैं और जो फर्स्ट लैवल ऑफ हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं जो कन्फर्मड केसेज के हैं तो उनके लिये हमने जो प्रोजैक्शन किया तो हमें करीब एक करोड़ टैबलेट की जरूरत होगी

जितनी हमारी प्रोजैक्टेड रिक्वायरमेन्ट हैं इस टाइम उसके तीन गुना से ज्यादा टैबलेट देश के पास आज डोमेस्टिक यूज के लिये अवेलेबल हैं देश भर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोविड उन्नीस के एक हजार से अधिक नये मामले आने से संक्रमितों की संख्या बढकर सात हजार पांच सौ उनतीस हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि छह सौ बावन लोग ठीक हो गये हैं वहीं कोविड उन्नीस महामारी से देशभर में दो सौ बयालीस लोगों की मौत हुई है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और इस माह में त्योहारों को देखते हुए किसी भी तरह की सामाजिक या धार्मिक सभा और रैलियों की अनुमति न दी जाए मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों से कानून व्यवस्था शांति और लोक सद्भाव बनाये रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारें सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाये रखें ताकि कोई आपत्तिजनक और फर्जी खबर न फैलाई जा सके गृह मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे लॉकडाउन के अनुपालन के लिए प्रशासन सामाजिक और धार्मिक संगठनों तथा प्रबुद्ध नागरिकों का सहयोग लें राज्यों से लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड उन्नीस के साथ साथ अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भी लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा है मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ महामारी की रोकथाम और बचाव को लेकर समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये उन्होंने चिकित्सिकों के लिए फेस मास्क सुरक्षा उपकरण और मरीजों के लिए दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोविड उन्नीस महामारी की रोकथाम के लिए लागू प्रतिबंध जल्द हटाए जाने से संक्रमण के फिर उभरने का खतरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एधेनोम गेब्रेयासिस ने जिनेवा में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन लॉकडाउन के तहत लागू प्रतिबंध हटाना चाहता है लेकिन जल्दी ऐसा करना खतरनाक होगा उन्होंने कहा कि संगठन संक्रमणग्रस्त देशों के साथ सुरक्षित और चरणबद्व ढंग से प्रतिबंध हटाए जाने की दिशा में काम कर रहा है बिहार में लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है चौबीस मार्च से अब तक इसके उल्लंघन के मामले में छह सौ बावन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि चौदह हजार से अधिक वाहनों की जब्ती हुई है

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत महिलाओं के खाते से राशि वापस लौट जाने की अफवाहों का केन्द्र ने खंडन किया है वित्त सेवा विभाग ने कहा है कि योजना के तहत खाताधारक महिलाओं के बैंक खाते में पांच सौ रूपये जमा किये गये हैं यह राशि अप्रैल माह की है विभाग ने कहा है कि मई और जून माह में भी जन धन खातों में पांच सौ पांच सौ रूपये डाले जायेंगे विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से कोविड उन्नीस महामारी पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है लोग अपने घरों में रहे तो संक्रमण रोकने में काफी मदद मिलती है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर राकेश गर्ग ने बताया कि अगर लोग दिशानिर्देशों का पालन करें और आवश्यक सावधानी बरतें तो इस महामारी के प्रसार को रोका जा सकता है

जब हम इस लॉकडाउन को पूरी तरह से नहीं मान रहे हैं तो वहां पर चांसेस होने के ज्यादा है तो अगर हम इसको देखे कि हमारे फ्यूचर में कैसे स्परेड होने वाला है तो वह बिल्कुल उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा लॉकडाउन कैसा रहता है सोशल आइसोलेशन कैसा रहता है सोशल डिस्टेंसिंग कैसा रहता है नम्बर ऑफ केसिस बहुत कम हो जाएंगे

जी बी पंत अस्पताल के डाक्टर संजय पाण्डेय ने बताया कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि विटामिन सी लेने से कोविड उन्नीस से बचा जा सकता है बाइट विटामिन सी को लेकर इस तरह के दावे किये जा रहे हैं लेकिन इस पर कोई सच्चाई नहीं है कि विटामिन सी से कोरोना वायरस के ऊपर कोई हम या तो कंट्रोल कर सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से से किसी को विटामिन सी देने से उसको कुछ फायदा हो सकता है हां आप ले सकते हैं विटामिन सी कोई भी विटामिन ले लेकिन साइन्टीफिक एवीडेंस विटामिन सी के बारे अभी नहीं है स्टे होम सेव लाइफ कोविड उन्नीस महामारी से बचाव का मूल मंत्र बन गया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए घर तक सीमित रहने से बेहतर कोई उपाय नहीं है उन्होंने कहा कि इस संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी है

इसमें यह बहुत जरूरी है कि हमलोग इसे सोशलाइज करें जो परिवार के लोग हैं उनके साथ इकट्ठ बैठकर बात करें कुछ इंडोर गेम्स खेल सकते हो कार्ड हैं तो कार्ड्स खेल सकते हो इकट्डे बैठकर कोई टीवी पर मूवी देख सकते हो इस टाइप के कई एक्टिविटीज कर सकते हो जिससे आप सोशलाइज भी करलें ज्यादा हुआ तो अपने दोस्तों के साथ फोन पर बात कर सकते हो चौट कर सकते हो जिससे आप अपने आप को बिजी भी रखो मेंटली स्ट्रांग रखो कोविड उन्नीस के रोकथाम और लोगों को जागरूक करने के लिए बनाये गये आरोग्य सेतु एप को एक करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा कि आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप कोविड उन्नीस से निपटने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर राघवन ने बताया कि यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर सकता है

इससे अगर कोई इलाके में कोई पॉजिटिव दिखाई देता है तो पिछले हफ्ते में दस पन्द्रह दिनों में किन एरियाज में वह गए थे वह अडेंटीफाई हो जाती है और उन एरियाज को हम टेस्ट कर सकते हैं आइसोलेट कर सकते हैं ये कोई सर्वेलेंश का टूल नहीं है पर्सनल लेवल पर

डॉक्टर राघवन ने सार्वजनिक स्थानों पर मुंह और नाक को ढकने पर बल दिया उन्होंने सलाह दी है कि लोगों को घर पर बने मास्क का उपयोग करना चाहिए घर में बनाये गये मास्क भी सुरक्षित है हमारे संवाददाता ने बताया कि लोग बड़ी संख्या में इस तरह के फेस मास्क का प्रयोग कर रहे हैं

आप घर पर बने मास्क का इस्तेमाल भी कर सकते है

इसे इस तरह से काटा जाना चाहिए कि यह नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढक सके बेहतर सुरक्षा के लिए आप कपड़े की दो परतों का भी उपयोग कर सकते हैं यह सुनिश्चित अवश्य करें कि यह आप ऐसे कम से कम दो मास्क जरूर बनाये ताकि आप एक दिन में इस्तेमाल करने के बाद उसे धो सके और दूसरे का इस्तेमाल कर सके आंनद चतुर्वेदी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा जाने माने टीवी अभिनेता और धारावाहिक महाभारत में भगवान कृष्ण की भूमिका निभाने वाले कलाकार नीतीश भारद्वाज ने कोविड उन्नीस से निपटने के लिए लोगों से सभी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है और घर पर ही रहने की सलाह दी है

घर में बैठेंगे कुछ और करेंगे अच्छा अच्छा साहित्य पढ़ेंगे योग करेंगे ध्यान करेंगे अपनी त्रुटियों को चिंतन के माध्यम से मंथन के माध्यम से देखेंगे हमने क्या गलतियां की हैं इनको नहीं दोहराएंगे व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से जहानाबाद जिले में लॉकडाउन के दौरान एक बीमार बच्चे की इलाज के अभाव में मृत्यू के मामले में सदर अस्पताल के प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल के दो डॉक्टर और चार नर्स के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है समस्तीपुर जिले में मोहनपुर प्रखंड के दशहरा गांव में एक क्वारेंटाइन केन्द्र से फरार चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे सीतामढ़ी जिले के छह हजार तीन सौ अड़तालीस मजदूरों को मुख्यमंत्री राहत कोष से एक एक हजार रुपये की राशि उनके खाते में हस्तांतरित की गई है मुजफ्फरपुर जिला में आपातकालीन संचालन केन्द्र में आपदा संपूर्ति पोर्टल पर बिहार कोरोना तत्काल सहायता मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया गया कटिहार नगर निगम क्षेत्र में अब वार्ड पार्षदों की अध्यक्षता में बनी टीम कोविड उन्नीस को लेकर प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करेगी और साथ ही उनकी समस्या का समाधान भी करेंगी शेखपुरा जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर आवश्यक सामग्री बेचने वाले तीन दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है रोहतास जिले के डेहरी नगर थाना क्षेत्र के चूना भट्टा मोड़ के पास असामाजिक तत्वों ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी समेत पांच लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया ये लोग खाना बांटकर लौट रहे थे इस सिलसिले में दो हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बैठक में ज्यादातर राज्यों ने और दो सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का अनुरोध किया

और नवादा में कोरोना वायरस का नया मरीज मिला